प्रदेश में आज बारह विशेष रेलगाड़ियां आयेंगी

नई दरें आज से प्रभावी प्रदेश में कोविड उन्नीस महामारी से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर एक सौ साठ हो गयी है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया है कि कल अठारह लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गयी इधर राज्य में कोरोना संक्रमण के सात नये मामले सामने आये हैं इनमें कटिहार में पांच सीवान और कैमूर में एक एक कोरोना पॉजिटिव की प्रष्टि की गयी है इसक साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर पांच सौ पैंतीस हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि राज्य में बत्तीस जिलों के छिहत्तर प्रखंड कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके है मुंगेर एक सौ दो मरीजों के साथ राज्य का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्र बना हुआ है इन संक्रमितों में से तीस स्वस्थ हो चुके हैं जबकि एक मरीज की मौत हो चुकी है वहीं पटना में पॉजिटिव मरीजों की संख्या चौवालीस है जिनमें से तेरह ठीक हो गए हैं कोरोना संक्रमण से अब तक पूरे राज्य में चार मरीजों की मौत हुई है स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य में अठाईस हजार सात सौ इक्यानवे नमूनों की जांच की गयी है प्रदेश के सात केन्द्रों पर कोरोना वायरस की जा रही है इधर देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर उनचास हजार तीन सौ इक्यानवे हो गयी है इनमें से चौदह हजार एक सौ तिरासी मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जबकि सोलह सौ चौरानवे लोगों की मृत्यु हुई है कोविड उन्नीस महामारी की रोकथाम के लिए गठित मंत्री समूह ने देश में कोविड उन्नीस से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा निगरानी और आकलन किया बैठक में कंटेनमेंट रणनीति और कोविड उन्नीस के प्रबंधन के पहलूओं पर गहन विचार विमर्श किया गया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डाक्टर हर्ष वर्धन ने मंत्री समूह को कई जानकारियां दी इस दौरान केंद्र और विभिन्न राज्यों में किए गए उपायों पर भी चर्चा हुई मंत्री समूह ने इस बात की सराहना की कोरोना से अब मृत्यू दर लगभग तीन दशमलव दो प्रतिशत और रोगियों के ठीक होने की दर पच्चीस प्रतिशत से अधिक है इसे देश में लॉकडाउन के साथ क्लस्टर प्रबंधन और कन्टेनमेंट रणनीति का सकारात्मक प्रभाव माना जा सकता है मंत्री समूह को बताया गया कि देश के विभिन्न भागों में रोगियों से निकाले गए नोवेल कोरोना वायरस के विभिन्न जीनोम अनुक्रम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि लॉकडाउन के अत्यधिक सकारात्मक परिणाम मिले हैं लॉकडाउन से पहले तीन दशमलव चार दिन में रोगियों की संख्या दुगुनी हो रही थी जबकि अब बारह दिन में ये संख्या दुगुनी हो रही है और सुधार की यह प्रक्रिया जारी है संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार ने लॉकडाउन में छूट दे दी है इसलिए प्रत्येक नागरिक को भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए सभी एहतियाती उपायों का पालन करना चाहिए इधर गृह मंत्रालय की प्रवक्ता पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने लोगों से तीसरे चरण में लॉकडाउन के नियमों का कडाई से पालन करने को कहा है उन्होने कहा कि कार्यस्थलों में कर्मचारियों और कंपनी के वाहनों में सवारियों के बीच भी सुरक्षित दूरी का ध्यान रखा जाना चाहिए बाइट सार्वजनिक स्थानों पर सबको दो गज की दूरी बनाये रखना जरूरी है इन स्थानों पर शराब पान गुटखा तम्बाकू इत्यादि सेवन करना वर्जित है दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिग के नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य है दुकान पर एक समय में पांच से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकते किसी भी संगठन या आर्गेनाइजेशन को पांच या पांच से अधिक लोगों को एक स्थान पर इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है अधिकारी ने बताया कि विवाह संबंधी समारोह में पचास से अधिक लोगों को शामिल नहीं होना चाहिए अंतिम संस्कार में बीस से अधिक लोगों को नहीं जाना चाहिए अधिकारी ने बताया कि इन सभी अवसरों पर सुरक्षित दूरी बनाए रखने की आवश्यकता है गृह मंत्रालय ने विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों के आवागमन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं विशेष कारणों से विदेश जाने के इच्छ्क भारतीय लोगों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं विदेश से ऐसे भारतीय नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी जो किसी संकट के कारण स्वदेश लौटने को विवश हैं इनमें ऐसे प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं जिनकी नौकरी छूट गई है जिन लोगों का लघु अवधि वीजा समाप्त हो गया है चिकित्सा आपात स्थिति का सामना कर रहे लोगों गर्भवती महिलाओं और वयोवृद्ध लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी इन सभी को विमान यात्रा का खर्च खुद वहन करना होगा विमान में बैठने से पहले उन्हें यह घोषणा करनी होगी कि भारत पहुंचने पर वे कम से कम चौदह दिन अनिवार्य रूप से क्वारंटीन केंद्र में रहेंगे

नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इन उडानों का संचालन बृहस्पतिवार से लेकर इस महीने की तेरह तारीख तक किया जाएगा देश के विभिन्न राज्यों से प्रवासी कामगारों और छात्रों को लेकर विशेष ट्रेन के बिहार पहुंचने का सिलसिला जारी है सूचना और जनसम्पर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि विभिन्न राज्यों से आज बारह ट्रेन बिहार पहुंच रही है कोटा से बिहार के लिए अब तक पांच विशेष ट्रेन आ चुकी है इसके जरिये पांच हजार छह सौ सोलह विद्यार्थी अपने घर लौट चुके हैं इधर करेल के कालीकट से कटिहार गुजरात से सीतामढ़ी कोटा से दरभंगा के लिए कल देर रात श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची है सभी लोगों के स्वास्थ्य जांच के बाद क्वारेंटाइन सेन्टर में भेज दिया गया है वहीं कोटा में फंसे बारह हजार एक सौ सैंतालीस छात्रों ने घर लौटने के लिए पंजीकरण कराया है पंजीकरण का कार्य अभी भी जारी है सूचना और जनसम्पर्क विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बाहर से आ रहे लोगों के प्रखंड स्तरीय क्वारेंटाइन सेंटर के लिए दो हजार नौ सौ भवन चिन्हित है इधर बाहर रहने वाले उन्नीस लाख सोलह हजार लोगों के बैंक खातों में मुख्यमंत्री सहायता के रूप में एक एक हजार रूपये की राशि भेजी गयी है बिहार सरकार ने सफाईकर्मी की मृत्यु पर निकटतम आश्रित को दस लाख रूपए की अनुग्रह सहायता राशि देने की घोषणा की है गौरतलब है कि बड़ी संख्या में राज्य भर में कोविड उन्नीस महामारी के बीच लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं देश भर में लाक डाउन की अवधि में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत नौ करोड़ से अधिक किसान परिवारों को लाभ पहुंचाया गया है किसानों को इस अवधि में अठाहर हजार करोड़ रूपए जारी किए गए लॉकडाउन के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के अंतर्गत और विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है आकाशवाणी से बातचीत में प्रदेश के लाभार्थियों ने मदद के लिए सरकार का आभार जताया है

चाहे मीट हो मुर्गा हो मछली हो या अंडा हो उनसे वायरस नहीं फैलता

कोई भी वैजीटेरियन या नॉन वैजिटेरियन फूड से यह वायरस के फैलने की कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है डाक्टर वार्ष्णेय ने बताया कि एल्कोहल के उपयोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता पर बुरा असर पडता है

बहुत बहस होती रहती है कि यह क्या करना चाहिये क्या नहीं करना चाहिये परन्तु जो लोग शराब के आदि हो चुके हैं अगर उनको शराब नहीं मिलती तो उनके शरीर में सिमटम होने लगते हैं और वो शराब पीने के लिये कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में दस रूपये प्रति लीटर और डीजल पर तेरह रूपये प्रति लीटर की वृद्धि की गयी है नई दर आज से प्रभावी हो गयी है केन्द्र ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर पथ उपकर के रूप में आठ रूपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है पेट्रोल पर दो रुपये और डीजल पर पांच रुपये का विशेष शुल्क भी लगाया गया है हालांकि पेट्रोल और डीजल की खूदरा कीमतों में मोटे तौर कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में काफी कमी होने के कारण इसकी भरपाई हो जायेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को कृषि इनपुट अनुदान का भुगतान पन्द्रह मई तक करने का निर्देश दिया है मुख्यमंत्री ने कृषि खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण सहकारिता विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षात्मक बैठक में कहा कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत मौसम के अनुकूल कृषि कार्यक्रम आठ जिलों में शुरू किया गया था अब इस अभियान को सभी जिलों में शुरू किया जायेगा उन्होंने अप्रैल महीने में बारिश और ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति के मामलों में किसानों के आवेदनों की जांच कर इस महीने के अंत तक अनुदान का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है इसके अलावा रबी फसल के साथ साथ मक्का और पान की खेती के नुकसान का भी आकलन कराने का निर्देश दिया है राज्य में फरवरी मार्च और अप्रैल में असमय बारिश तथा ओलावृष्टि के कारण आठ लाख हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक की फसल क्षति हुई है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान बारिश और वज्रपात की घटनाओं में चौबीस लोगों की मौत हो गयी जबकि उन्नीस लोग घालय हुये हैं पटना और समस्तीपुर में तीन तीन गया कटिहार जहानाबाद और सीतामढ़ी में दो दो जबकि बेगूसराय दरभंगा सहरसा सीवान रोहतास जमुई नालंदा बांका शेखपुरा और अरवल में एक एक व्यक्ति की मौत की खबर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेघटना पर दुःख व्यक्त करते हुए मृतकों के निकटतम आश्रितों को चार चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि और घायलों के मुफ्त इलाज की घोषणा की है इधर मौसम विभाग ने कहा है कि काल वैशाखी और एक चक्रवाती सिस्टम के सक्रिय होने के कारण अगले अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है राज्य सरकार ने राशन कार्ड के लिए आवेदन के एक सप्ताह में राशन कार्ड जारी करने का निर्देश दिया है इसके लिए सरकार ने लोक सेवा अधिकार अधिनियम में तत्काल संशोधन कर दिया है यह व्यवस्था उन लाभुकों के लिए की गयी है जिन्हें हाल ही में सरकार के निर्देश पर जीविका के माध्यम से चिन्हित किया गया है और उन्हीं लोगों को ही अब नया राशन कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा नई व्यवस्था के तहत प्रखंड विकास पदाधिकारी को दो दिन में आवेदन की जांच पूरी करनी होगी और सात दिनों में राशन कार्ड जारी कर देना होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य आज से शुरू होगा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि लॉक डाउन के कारण मूल्याकंन का काम तीन मई तक स्थगित था उन्होंने कहा कि मूल्याकंन के दौरान सशोल डिस्टेंसिंग समेत कोरोना संबंधी सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जायेगा इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए जे ई ई मुख्य परीक्षा अठारह से तेईस जुलाई तक आयोजित की जायेंगी मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यह घोषणा की देशभर के विद्यार्थियों के साथ चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि जे ई ई एडवान्स की परीक्षा अगस्त में होगी श्री निशंक ने कहा कि नीट यानी राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा छब्बीस जुलाई को होगी

पश्चिम चंपारण जिला अन्तर्गत बगहा में दो पुलिसकर्मियों गणेश सिंह और उपेंद्र राय को शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निर्देश बिहार के सभी जिलों में मौसम के अनुरूप होगी खेती प्रभात खबर की सुर्खी है बिहार में कोरोना को हरा इक्कीस और मरीज घर लौटे बक्सर के सात रोहतास के छह मुंगेर के पांच और बेगूसराय के तीन मरीज स्वस्थ दैनिक जागरण का शीर्षक है बिहार विधान परिषद के सत्रह सदस्यों का कार्यकाल समाप्त अखबार लिखता है लॉकडाउनकी पाबंदियों के चलते निर्वाचन आयोग न मतदान कराने से कर दिया इंकार राज्यपाल के जरिये मनोनीत बारह सीटें भी हो रही है खाली दैनिक आज ने लिखा है मोदी सरकार ने पेंशनधारकों को जारी किये सात सौ चौंसठ करोड़ रूपये और अब अंत में मुख्य समाचार बिहार में कोविड उन्नीस महामारी से एक सौ साठ लोग स्वस्थ हुये

प्रदेश में आज बारह विशेष रेलगाड़ियां आयेंगी

नई दरें आज से प्रभावी